यहां भी अत्यावश्यक सेवाएं जारी रहेंगी

यहां नगरनिगम सहित अन्य क्षेत्रों में प्रशासनिक अधिकारियों ने पैदल मार्च कर लोगों से लॉकडाउन पालन करने की अपील की

धार ग्वालियर सिंगरौली जबलपुर सागर शाजापुर आगरमालवा सहित सभी जिलों के नगरीय क्षेत्रों में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में फसल कटाई जैसे कार्यों में छुट दी गई है

प्रदेश में तीन दिन में तीन गुना अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है

इसके अलावा प्रदेश में प्रति माह एक लाख रेमिडिसीवर इंजेक्शन की डोज उपलब्ध कराई जायेगी

इसकी आपूर्ति आरंभ हो गई है

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसी प्रकार के पैनिक की आवश्यकता नहीं है कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए त्रि स्तरीय रणनीति पर कार्य किया जा रहा है कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है उन्होंने कहा कि सभी जाँचों तथा अस्पतालों की दरें तय कर दी गई हैं ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों जाँच और इलाज की निर्धारित दर से अधिक दर लेने वाले अस्पतालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी

ये एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर उपलब्ध हैं सभी शासकीय विद्यालयों के प्राचार्य को निर्देशित किया गया है कि प्रवेश पत्र डाउनलोड कर अपने हस्ताक्षर व पद मुद्रा अंकित कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएँ

पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने मुम्बई इंडियन्स को दो विकेट से हराया

जसप्रीत बुमराह और मार्को जैनसन ने मुम्बई इंडियन्स के लिए दो दो विकेट लिए आज मुम्बई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला डेल्ही कैपिटल्स से होगा सेलिंग पदक ओमान में आयोजित मुस्सानह ओपन सेलिंग चैम्पियनशिप में वॉटर स्पोर्ट्स अकादमी की सेलिंग खिलाड़ी एकता यादव और रितिका दांगी की जोड़ी ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए देश को कांस्य पदक दिलाया

चाइना के खिलाड़ी प्रथम और हांगकांग के खिलाड़ी द्वितीय स्थान पर रहे इस उपलब्धि पर प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है

इनमें वरिष्ठ अधिकारी मनोज श्रीवास्तव का नाम भी शामिल है

उनका आज इंदौर में अंतिम संस्कार किया जाएगा इस बुलेटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार